प्रदेश में निजी बस ऑपटरों की हड़ताल समाप्त संचालन फिर से शुरु टिड़डी चेतावनी संगठन के अनुसार जून महीने के अंत तक अफ्रीका से टिड्डी हमले की आशंका नियंत्रण के लिए की जा रही हैं व्यापक तैयारियां

महामारी अधिनियम के तहत निजी कार्य स्थलों और वाणिज्यिक संस्थानों के परिसरों में कोरोना से सुरक्षात्मक उपायों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा श्री गहलोत कल कोरोना संक्रमण की स्थिति और जागरुकता अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि जन आधार से जुड़े हुए एक करोड तिरानवे लाख लोगों के मोबाइल पर कोरोना बचाव के लिए संदेश मेजे जाएंगे श्री गहलोत ने कहा कि जागरुकता अभियान में सोशल डिस्टॅसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए नुक्कड़ नाटक और कटपुतली नृत्य जैसे कार्यों के जरिए जीविकोपार्जन करने वाले लोक कलाकारों की भी सेवाएं ली जाएंगी

मुख्यमंत्री के साथ वीसी में भाग लेने के बाद भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आकाशवाणी को बताया कि अभियान के तहत जिले में भी विशेष प्रचार प्रसार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय पर किए गए फैसलों से देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सहायता मिली है उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान मास्क के बगैर बाहर घूमना खतरनाक है पीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिख रहे हैं और यह हमें आगे बढने के लिए यह प्रोत्साहित कर रहा है उन्होंने कहा कि हाल में कृषि क्षेत्र में सुधार से किसानों को फायदा होगा और उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए नया विकल्प मिलेगा

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में प्रवेश करने और अन्य राज्य में जाने के लिए किसी तरह के पास या एनओसी की जरूरत नहीं होगी आदेश में कहा गया है कि राज्य में आते और जाते समय सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए साथ ही अंतरराज्यीय सीमाओं पर बनायी गयी चैक पोस्ट भी यथावत रहेगी आदेश में कहा गया है कि रिकवरी रेट बेहतर होने और लोगों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है

निजी बसों का संचालन फिर से शुरु हो गया है सरकार ने निजी बसों का जून तक का पूरा टैक्स माफ करने की घोषणा की है इसके साथ सितम्बर तक टैक्स में रियायत दी जाएगी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल निजी बस ऑपरेटर्स के साथ बातचीत के बाद मीडिया को यह जानकारी दी

इसके लिए परीक्षा केन्द्रों को कल पूरी तरीके से सेनिटाइज किया गया आज भी स्कूल भवनों को सेनिटाइज किया जाएगा बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार परीक्षाएं कराई जाएगी बिना मास्क पहने विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा

एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं यहीं पर सोमवार रात दोनों पक्षों में झडप हुई थी इस झडप में एक अधिकारी और दो सैनिक शहीद हो गए थे

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पूरी स्थिति की जानकरी दी है

इस बीच केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कल टिड़डी नियंत्रण अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई

उन्होंने कहा कि उंचे पेड़ों और दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के जरिये किया जाएगा वहीं हेलीकॉप्टरों से ही हवाई छिड़काव किया जाएगा कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार सहित विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी प्रदेश के टिड्डी प्रभावित जिलों का दौरा कर टिड्डी नियंत्रण कार्यों की समीक्षा की इधर जैसलमेर जिले में बार बार हो रही टिड्डी हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए जिला प्रशासन कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण विभाग ने युद्ध स्तर पर काम शुरु कर दिया है